सरकार ने वित्तीय व्यवस्था मजबूत करने के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का चार प्रमुख बैंकों में एकीकरण करने की घोषणा की

ये छापे दिल्ली ग्वाहाटी श्रीनगर र्चन्नई कोलकाता हैदराबाद बेंगलुरू मुम्बई गोवा भोपाल नागपुर पटना रांची गाजियाबाद लखनऊ और देहरादून समेत कई अन्य स्थानों पर मारे गये आधिकारिक सूत्रों ने कहा है कि ये छापे विभिन्न विभागों में भ्रष्टाचार का पता लगाने के लिये मारे गये इस दौरान रेलवे कोयला खनन चिकित्सा और स्वास्थ्य से संबंधित संगठनों सीमा शुल्क और भारतीय खाद्य निगम समेत कई विभागों में ऐसी कार्रवाई की गयी

पंजाब नेशनल बैंक ओरिएंटल बैंक और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया के एकीकरण की घोषणा की गई है एकीकरण के बाद यह अठारह लाख करोड रुपये के कारोबार के साथ सार्वजनिक क्षेत्र का द्सरा सबसे बडा बैंक हो जाएगा केनरा बैंक और सिंडिकेट बैंक को भी मिलाने की घोषणा की गईें है युनियन बैंक आन्धा बैंक और कॉरपोरेशन बैंको का भी एकीकरण किया जाएगा इंडियन बैंक और इलाहाबाद बैंक भी मिला दिए जाएंगे

उन्होंने बताया कि सरकार देश को पचास खरब डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने की दिशा में आवश्यक उपाय कर रही है इन सुधारों से सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के काम काज में मौलिक सुधार होगा वित्त मंत्री ने कहा कि बैंको से धोखाधड़ी पर अंकुश के लिए कोर बैंकिंग प्रणाली को विश्वव्यापी अंतरबैंक वित्तीय दूरसंचार व्यवस्था स्विफ्ट संदेश प्रणाली से जोड़ा गया है

वित्त मंत्रालय के अनुसार यह प्रकोष्ठ शिकायतें दूर करने और स्टार्ट अप कंपनियों की कर से संबंधित कठिनाईयों को कम करने की दिशा में काम करेगा स्टार्टअप कंपनियां अपनी कठिनाईयां दूर करने के लिए इस प्रकोष्ठ में जा सकती हैं स्टार्टअप से जुड़े मुद्दों को आसान बनाने के लिए सीबीडीटी की यह सबसे नई पहल है

गृह मंत्रालय के वक्तव्य में कहा गया है कि हालांकि अंग प्रत्यारोपण के उपचार के लिए मेडिकल वीजा लेना आवश्यक होगा किसी विदेशी के भारत में प्रवेश से पहले के अपने किसी रोग का अस्पताल में भर्ती होकर उपचार प्राथमिक वीजा लेने के बाद कराया जा सकेगा

आयोग के अध्यक्ष एन के सिंह के नेतृत्व में होने वाले इस दौरे में आयोग जोधपुर और जयपुर में अर्थशास्त्रियों नीति निर्माताओं व्यापार और उद्योग जगत के प्रतिनिधियों राज्य के वरिष्ठ अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों से मुलाकात करेगा आयोग मुख्यमंत्री और उनके मंत्रिमंडलीय सहयोगियों के साथ भी बैठक करेगा

यह अवधि आज समाप्त हो रही थी

भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने बताया कि कल कक्षा से द्री कम करने के पांचवें और अंतिम प्रयास के साथ यह चन्द्रमा की कक्षा में पहुंच जाएगा

पुलिस ने अब तक नौ आरोपितों को गिरफ्तार किया है

बाड़मेर जिले में हो रही बरसात से किसानों और पश्पालकों को काफी राहत मिली है उदयपुर में कल से ही रूक रूक कर बारिश का दौर जारी रहने से सीसारमा नदी का जलस्तर बढ़ने लगा है इस नदी का पानी पिछोला झील में आने से स्वरूप सागर के कल रात तीनों गेटों को खोल दिया गया

जिला बाढ़ नियंत्रण कक्ष से मिली जानकारी के अनुसार पश्चिमी राजस्थान के सबसे बड़े जवाई बांध में पानी की आवक अभी भी जारी है